मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे आधुनिक खेल मैदान

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सिराज के पंजाई में हुए जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की यह पहला मौका रहा जब मुख्यमंत्री ने स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल होकर जनता की समस्याओं का समाधान किया जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का मौके पर और उनके घरद्वार के समीप निपटारा करना है उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम प्रदेश में काफी लोकप्रिय हुआ है और जनमंच के दौरान उठने वाली समस्याओं का निपटारा निर्धारित समयअवधि में सुनिश्चित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए और विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कन्याओं को सम्मानित किया जयराम ठाकुर ने कन्याओं के सशक्तिकरण की दिशा में मण्डी ज़िले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरूआत की जनमंच कार्यक्रम दूसरी ओर बिलासपुर में ज़िलास्तरीय कार्यक्रम नैनादेवी क्षेत्र के रानीकोटला में हुआ जहां विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जन शिकायतें सुनीं उन्होंने किसानों से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना अपनाने का आहवान किया बिंदल ने कहा कि अब तक हुए जनमंच कार्यक्रमों के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं

उन्होंने कहा कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सशक्त किया जा रहा है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है किशन कपूर ने कहा कि जन कल्याण के लिए सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं ताकि विकास को नई दिशा और गति दी जा सके कांगड़ा ज़िले के चढ़ियार में कार्यक्रम के दौरान शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि जनमंच हर समस्या का प्रभावी निदान है उन्होंने कहा कि कांगड़ा सहित कुछ अन्य बड़े ज़िलों में लोगों की सुविधा के लिए महीने में दो जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नारग में कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि भविष्य में जनमंच के दौरान लोगों को युनीवर्सल हैल्स स्कीम के कार्ड भी जारी किए जाएंगे सोलन के गढ़खल सनावर में ज़िलास्तरीय कार्यक्रम वन मंत्री गोविंद ठाक्र की अध्यक्षता में हुआ उन्होंने लोगों को ठोस व त्वरित न्याय दिलवाने के लिए अधिकारियों से कार्य करने को कहा

गोविंद ठाक्र ने बेटी है अनमोल और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लाभार्थियों को कार्यक्रम में सम्मानित किया चम्बा में ज़िलास्तरीय जनमंच कार्यक्रम चुराह क्षेत्र के झज्जा कोठी में हुआ

उन्होंने कहा कि कोई भी योजना लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही सकारात्मक ढंग से लागू हो सकती है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के मंदली में जन समस्याएं सुनीं

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए एक बड़ी परियोजना स्वीकृत कर इस पर कार्य किया जाएगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने किन्नौर जिले के टापरी में कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि जनमंच का उद्देश्य जनता के मुद्दों और समस्याओं का उचित निपटारा करना है उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आनी क्षेत्र के बागीपुल में हुए कार्यक्रम में अधिकारियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के निर्देश दिए

पिछले दिनों हुई बर्फबारी के चलते लाहौल स्पीति ज़िले में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका

इनमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया जबकि अन्य को जल्द निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए अवॉर्ड पोषाहार अभियान में हमीरपुर ज़िले को देशभर में अव्वल आंका गया है

उपायुक्त ऋचा वर्मा ने बताया कि सितंबर माह में चलाए गए पोषण अभियान के तहत ज़िले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर लोगों को पोषण के महत्व और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि लोगों को बीमारियों से बचाने और किसानों की आय को दोगुना या तिगुना करने का एकमात्र साधन शुन्य लागत प्राकृतिक कृषि है

राज्यपाल ने कहा कि इससे न केवल देशी गांय का संरक्षण होगा बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है

वे सिराज विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालय बगस्याड़ से अखण्ड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना का शुभारम्भ करेंगे मुख्यमंत्री ने इसी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है जयराम ठाकुर बगस्याड़ थुनाग सड़क के विस्तार कार्य का भूमिपूजन करने के अलावा शाहन पंचायत में सुनास उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री बगस्याड़ कांडा बडीन सड़क के विस्तार कार्य का भूमिपूजन भी करेंगे भाजपा प्रदेश भाजपा कार्यसमिति पर्यटन प्रकोष्ठ की आज सोलन में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई बैठक में सांसद वीरेन्द्र कश्यप प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त और महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर भी मौजूद रहे इस दौरान निर्णय लिया गया कि राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई योजना तैयार कर उसे मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा दूसरी ओर चुनाव को लेकर चम्बा ज़िले के भरमौर में कांग्रेस ने विशेष बैठक का आयोजन किया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य व पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कार्यकर्ताओं से चुनावों के लिए अभी से कमर कसने का आहवान किया अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने न्यूनतम बस किराए में एक रूपए की कमी को नाकाफी बताया है

अग्निहोत्री ने कहा कि जल्दबाजी में लिए गए किराए वृद्धि के निर्णय ने जनता पर बोझ लादने का काम किया है खेल मैदान मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा

उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खेल संघों को मिलने वाली अनुदान राशि में भी उपयुक्त बढ़ोतरी की गई है शिविर महिला व बाल विकास और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने सुंदरनगर के डैहर में आज जागरूकता शिविर लगाया विधायक राकेश जम्वाल की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में लोगों को केन्द्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई

विधिक साक्षरता शिमला ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कैथ्र कारागार में आज विधिक साक्षरता शिविर लगाया जिला व सत्र न्यायाधीश सीबीआई बीरेन्द्र ठाकुर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में बंदियों को मुफ्त कानूनी सहायता हासिल करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई उन्होंने नशे के दुष्प्रभावों और इसके माध्यम से हो रहे अपराधों में वृद्धि को लेकर भी जानकारी साझा की बैडमिंटन सब जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए हिमाचल की टीम का चयन कर लिया गया है